सुरक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें मास्क पहनें दो गज़ दूरी है ज़रूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ़ रखें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आश्वस्त किया है कि पूरी मजबूती और समर्पण से देश कोरोना महामारी को चुनौती से उबर जाएगा उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत मुश्किल घड़ी में हिम्मत हारने वाला देश नहीं है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत देश के साढ़े नौ करोड़ से अधिक किसानो को आर्थिक लाभ की आठवीं किस्त जारी करने के बाद एक वर्चुअल कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि किसानों ने कोविड के दौरान परीक्षा की घड़ी में देश क प्रति दृढ़ सेवा भाव दिखाया है बाइट गांव का किसान का कोरोना के विरूद्व भारत की लड़ाई में बहुत बड़ा योगदान रहा है यह आपके ही श्रम का परिणाम है कि आज इस कोरोना काल में भारत दुनिया की सबसे बड़ी मुफ्त राशन की परियोजना चला रहा है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के माध्यम से पिछले वर्ष आठ महीने तक गरीबों को मुफ्त राशन दिया गया

प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना देश के छोट किसानों के लिए बहुत ही लाभकारी रही है महामारी के दौरान लोगों की कठिनाईयां दूर करने के लिए केन्द्र सरकार ने कई ठोस कदम उठाए हैं

प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर देश के विभिन्न हिस्सों में इस योजना का लाभ पा रहे किसानों से बातचीत की

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के संवेदनशील नेतृत्व के कारण ही कोरोना काल में भी किसान हितों का सतत संरक्षण हा रहा है

खातों में धनराशि पहुंचने का मैसेज मोबाइलों पर दख कर किसानों के चेहरे खिल उठे

जिन जिलों में टीकाकरण शुरू होगा उनमें मिर्जापुर बांदा गोण्डा आजमगढ़ और बस्ती शामिल है

उन्होंने लोगों से अपील की है कि सावधानी बरत कर संक्रमण से बचा जा सकता है इसलिये लोग कोविड विहेवियर को अपनी जीवन शैली में शामिल करे चित्रकूट जेल में कैदियों के बीच हुए संघर्ष की घटना पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान में लेते हुए महानिदेशक कारागार से इस मामले में रिपोर्ट तलब की है

आज सुबह चित्रकूट जेल में कैदियों के बीच हुए संघर्ष में पश्चिम यूपी के एक बदमाश अंशुल दीक्षित ने दो कैदियों की गोली मार कर हत्या कर दी संघर्ष के दौरान कई राउंड गोलियां चली इस दौरान पुलिस ने अंशुल दीक्षित को सरेन्डर करने को कहा लेकिन वह लगातार फायर करता रहा जिसमें पुलिस की ओर से की गई फायरिंग में अंशुल भी मारा गया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

राज्य सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिये चलाये जा रहे टेस्ट ट्रेक और ट्रीट की नीति की डल्ब्यूएचओ द्वारा सराहे जाने के बाद नीति आयोग ने भी इस नीति की सराहना की है राज्य के अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने आज यह जानकारी दी उन्होंने बताया कि नीति आयोग ने कहा है कि अन्य राज्यों को भी इस मॉडल को अपनाना चाहिये

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ऐसी औद्योगिक नीति ला रही है जिसमें उद्योगपतियों को इस तरह के ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिये प्रेरित किया जायेगा

कोरोना महामारी के बीच राज्य में स्थापित किये गये गेहूँ क्रय केन्द्रों पर खरीद का काम जारी है

ईद उल फितर का त्योहार आज पूरे देश में कोरोना वायरस महामारी के बीच मनाया जा रहा है ज्यादातर लोगों ने कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए आज सूबह अपने घरों में नमाज पढ़ी प्रदेश की मस्जिदों में भी कोविड के नियमों के तहत केवल पांच लोगों ने ही ईद की नमाज अदा की इस दौरान अदा की गई विशेष नमाज में देश को कोविड से मुक्त करने की दुआएं मांगी गई राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशवासियों को ईद की बधाई दी है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अक्षय तृतीया पर लोगों को श्भकामनाएं दी है श्री मोदी ने परश्राम जयंती की भी शुभकामनाएं दी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गृह विभाग को निर्देश दिये हैं कि राज्य आपदा प्रबंधन पर एसडीआरएफ और पीएसी जल पुलिस को प्रदेश की सभी नदियों में पेट्रोलिंग के लिये लगाया जाये यह फोर्स नावों के सहारे प्रदशभर की नदियों में भ्रमण करे और यह सुनिश्चित करे कि कोई भी व्यक्ति नदियों में शव न बहाये उन्होंने यह भी निर्देशित किया कि नदियों के किनारे स्थित सभी गांव तथा शहरों में ग्राम विकास अधिकारी ग्राम प्रधान शहारों में कार्यकारी अधिकारो और नगर पालिका नगर पंचायत और नगर निगम के अध्यक्षों के माध्यम से समितियां बनाकर यह सुनिश्चित करे कि उनके गांव तथा शहर में कोई भी परम्परा के नाते शव को नदियों में न बहाये उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति जिसकी मृत्यु हुई है उसे सम्मानजनक रूप से अन्त्येष्टि का अधिकार है इसके लिये अन्त्येष्टि धनराशि स्वीकृत की गई है उन्होंने बताया कि यदि कोई ऐसा करता पाया जाता है तो स्थानीय स्तर पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है

बोर्ड ने कहा है कि इस सबंध में लिया गया कोई भी निर्णय आधिकारिक तौर पर जनता को सूचित किया जाएगा